इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली तपेदिक उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

श्री मोदी ने कहा कि बीमारियों को खत्म करने के लिये नई पहल की गयी है बजट राशि भी बढ़ाई गयी है सरकार द्वारा टीबी से जुड़ी योजनाओं पर बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है इस वर्ष के बजट में ही हमारी सरकार ने इस बीमारी के मरीजों को पौष्टिक सहायता देने के लिए अतिरिक्त हन्ड्रैड मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया है

उन्होंने कहा कि तपेदिक की रोकथाम के प्रयासों की सफलता के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि देश से टीबी को खत्म करने में राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने मिशन में शामिल होन के लिये सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी टीबी को भारत से मिटाने के लिए राज्य सरकारों के बीच बहुत बड़ी भूमिका है कॉओपरेटिव फेडरेलिज्म की भावना को मजबूत करते हुए इस मिशन में राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलने के लिए मैंने खुद देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिठ्ठी लिखकर इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत विश्व से तपेदिक समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है

एक बहुत बड़ा हौसले का कदम और स्वास्थ्य विभाग उस काम को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है पूरी ताकत के साथ हम पूरा कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसुस ने कहा कि डब्ल्यूएचओ टीबी के उन्मूलन के लिए संघर्ष में भारत और अन्य देशों के साथ है शिखर सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा मिलकर किया जा रहा है उच्चतम न्यायालय ने आधार नम्बर को विभिन्न सेवाओं के साथ लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है आधार लिंक कराने को लेकर आज उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न सेवाओं के साथ आधार लिंकिग अनिवार्य नहीं है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता म उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि सरकार आधार लिंक करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी के मामलों में आधार लिंक समय सीमा पहले की तरह लागू रहेगी उल्लेखनीय है कि आधार को बैंक खाते मोबाइल नम्बर और कई अन्य सेवाओं से लिंक कराने की समय सीमा इकतीस मार्च तक थी

चर्चा की शुरूआत करते हुए विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बजट किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है और पूरी तरह से दिशाहीन है उन्होंने विभिन्न विभागों का उल्लेख करते हुए कहा कि चालू बजट में जितनी धनराशि आवंटित की गई थी उन्हें ही अभी तक खर्च नहीं किया जा सका है उन्होंने कहा कि बजट धनराशि का उपयोग न कर पाने के बावजूद सरकार का विकास का दावा खोखला है श्री चौधरी ने ग्राम विकास पर्यटन नगर विकास लघु सिचाई परिवार कल्याण लोक निर्माण विभाग सहित कई विभागों का उल्लेख करते हुए कहा कि चालू बजट में निर्धारित धनराशि का बहुत ही कम अंश का उपयोग सरकार कर सकी है उन्होंने सरकार पर कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट में कटौती करने का भी आरोप लगाया बहस में भाग लेते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने सरकार पर शिक्षा की अवहेलना करने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने म विफल रहने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में जो वायदे किये थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है श्री वर्मा ने भी पिछले बजट में उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग नहीं कर पाने के लिए सरकार की तीखी आलोचना की उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की दस सीटों के लिए भरे गय नामांकन पत्रों की जांच में आज निर्दलीय प्रत्याशी महेश चन्द्र शर्मा का नामांकन खारिज कर दिया गया है निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन पत्र में किसी विधायक का नाम प्रस्तावक में नहीं था केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच में सही पाये गये हैं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के एक एक प्रत्याशी द्वारा दाखिल नामांकन पत्र भी जांच में सही पाये गये प्रदेश के फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुये उप चुनाव की मतगणना कल कराई जायेगी इसक लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं निर्वाचन आयोग ने घोषित परिणामों के बाद विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतगणना सुबह आठ बजे निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में शुरू होगी सबसे पहले डाक से आये मत पत्रों की गिनती की जायेगी मतगणना स्थल के अन्दर और आसपास के क्षेत्र में केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं मतगणना केन्द्र के अन्दर परिचय पत्र के बगैर जाने को अनुमति नहीं होगी मतगणना केन्द्रों में सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीट पर ग्यारह मार्च को उप चुनाव कराये गये थे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

गाजियाबाद में जहरीली शराब के सेवन से चार लोगों की हुई मौत के मामले में तीन पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घटना की जांच और दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की तुरन्त ही मौत हो गई थी जबकि गंभीर हालत में भर्ती चौथे युवक की अस्पताल में मौत हो गई मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाजियाबाद के एसएसपी एचएनसिंह ने खोड़ा थाना प्रभारी सहित तीन पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया

उन्होंने कहा कि अनुचित प्रयासों को रोकने के लिए एसटीएफ और एलआईयू की मदद ली जाये

उन्होंने बताया कि नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जायेगी इससे शिक्षकों की भर्ती में होने वाले व्यवधान को दूर किया जायेगा प्रदेश सरकार ने कहा है कि सोनभद्र इलाके में मोरंग और बालू के खनन का कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पर्यावरण संबंधी अनुमति नहीं मिलने के कारण सोनभद्र इलाक में बालू और मोरंग का खनन नहीं हो रहा है जबकि चित्रकूट और झांसी सेक्टर में खनन शुरू हो गया है उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई नई खनन नीति से चालू वित्त वर्ष में दो हजार छह सौ पचास करोड़ रूपये राजस्व की आय हुई है जो पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान पिछले वित्त वर्ष में मात्र एक सौ चालीस करोड़ रूपये राजस्व था